जीएसटी केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केन्द्र ऐसे राज्यों के लिये उधार लेने की सहुलियत प्रदान करेगा जो भविष्य के जीएसटी संग्रहण के खिलाफ अपने प्रस्तावित कर्ज के विकल्पों के साथ बढना चाहते हैं इस कदम का उद्देश्य राज्यों द्वारा उनके जीएसटी राजस्व में वैश्विक महामारी के बीच नुकसान की भरपाई करना हैं

कोरोना संकमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित इस महामारी से बचने के लिये तमाम उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं जिससे मतदाता सुरक्षित मतदान कर सकें

इसी तरह पोलिंग एजेंट को मतदान केन्द्र पर तापमान मापने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा मतदाता की पहचान के लिये वोट डालने से पहले उसे मास्क नीचे करने की अनुमति होगी इसके अलावा हेंड सैनेटाइजर और मतदाताओं के बाहर बैठने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी कोरोना प्रदेश प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से ज्यादा बनी हुई है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है इसी कड़ी में फिल्म और टीवी सीरियल के कलाकार राजीव वर्मा ने कहा कि नियमों का पालन करने से ही कोरोना से बचाव संभव है

मुरैना जिले के विधानसभा दिमनी सुमावली जौरा धार जिले की बदनावर राजगढ़ जिले की ब्यावरा इंदौर जिले के विधानसभा की सांवेर रायसेन जिले की सॉची देवास की हाटपिपल्या मंदसौर जिले की सुवासरा छतरपुर जिले की मलहरा और आगर मालवा जिले के आगर में एक एक अभ्यर्थी ने नामनिर्देशन पत्र जमा किये वहीं मुरैना जिले के अम्बाह मुरैना शिवपुरी जिले के पोहरी और गुना जिले के बमौरी में दो दो अभ्यर्थियों ने नामनिर्देशन पत्र जमा किये

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिये हैं वहीं ऑनलाइन पठनपाठन की गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी

आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा

इस वर्ष संस्कृति विभाग का अलंकरण समारोह नहीं हो रहा है